पहले दिन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई

वित्त एवं विकास निगम ने तेजस्विनी हाट का आयोजन शहर के डी बी सिटी मॉल में किया है इसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्री का प्रदर्शन और विक्रय होगा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्मर बनाना है राष्ट्रीय पोषण केन्द्र सरकार ने बाल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर साल सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का फैसला किया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में मारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक में यह फैसला किया गया

शहरी आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी एप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

बारिश प्रदेश में बारिश का दौर जारी है मौसम केन्द्र भोपाल ने अगामी चौबीस घंटों के दौरान श्योपुरकलां मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया छतरपुर टीकमगढ़ कटनी अनूपपुर पन्ना और दमोह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं भोपाल होशंगाबाद इंदौर उज्जैन रीवा जबलपुर शहडोल ग्वालियर सागर और चम्बल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है